प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा संसद में रचनात्मक बहस और खुलकर चर्चा होनी चाहिए

शीतकालीन सत्र संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है

सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संसद में सदभावपूर्ण वातावरण में खुलकर चर्चा होनी चाहिए

संसद का पिछला सत्र अभूतपूर्व रहा और सभी सांसदों ने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया श्री मोदी ने कहा कि संसद में चर्चा रचनात्मक होनी चाहिए और सभी सदस्यों को चर्चा उपयोगी बनाने में सहयोग करना चाहिए

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के रविवार को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद श्री बोबड़े भारत के मुख्यो न्यायाधीश बने हैं

न्यायमूर्ति बोबड़े ऐतिहासिक अयोध्या फैसला सुनाने वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में शामिल थे

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन इरानी ने कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए कृषि और पोषाहार के बीच तालमेल की जरूरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सरकार ने कृपोषण रोकने पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता की दिशा में काफी काम किया है जानेमाने समाजसेवी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्वष् कुपोषण की समस्या झेल रहा है कुपोषण से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री गेट्स ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय पोषाहार मिशन से कुपोषण समाप्त करने के प्रयासों को और बल मिला है देश में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भारत को पोषाहार की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए पांच सूत्री कार्य योजना का सुझाव दिया कार्यशाला अखिल भारतीय वाणिज्य संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर एच वैंकटेश्वर लू ने कहा है कि उचित शोध प्रविधि का चयन शोधार्थियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती रहती है शोध प्रविधि के माध्यम से ही शोध समस्या का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है इसलिए शोध प्रविधि में वैज्ञानिकता का पूट होना आवश्यक है

कार्यशाला में मशहूर प्रबन्ध ग्रू प्रोफेसर आलोक सकलानी ने कहा कि उचित शोध विधि चयन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि किसी भी देश के या समाज के विकास में शोध का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि गुणवत्तायुक्त शोध से नीति निर्धारण में सहायता मिलती है और समाज को उसका शत प्रतिशत लाभ मिल पाता है

कार्यक्रम में वरिष्ठ सलाहकार एवं निदेशक दक्षिणी एशिया अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान डॉ पीके जोशी ने कहा कि विश्वविद्यालय को पहले एशिया और फिर विश्व में प्रथम बनाने के लिए रोडमैप तैयार करना होगा उन्होंने इसमें पूर्व विद्यार्थियों का सहयोग लिये जाने की बात कही डॉ जोशी ने शोध में बदलाव लाते हुए बहुविषयीय शोध और कृषि शोध को डेयरी पोल्ट्री आदि क्षेत्रों से जोड़ने की बात भी कही कार्यक्रम में कुलपति डा तेज प्रताप ने कहा कि कृषि में वैश्विक स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बड़े बदलाव हुए हैं पंतनगर विश्वविद्यालय को भी इन बदलावों के मद्देनजर शोध और शिक्षण में आमूलचूल परिवर्तन किये जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षण की मांग बढ़ती जा रही है जो एक अच्छा संकेत है

कार्यक्रम के दौरान हुए जनसंवाद में सड़क सुरक्षा नशा सिडकुल में खुलेआम बिक रहे नशे के सामान महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और यातायात से जुड़ी समस्यायों पर बात की गई और सुझाव दिए गए इस मौके पर पुलिस उपमहानिरीक्षक ने कहा कि पुलिस अधिकारी नशे से जुड़े अपराध के नियंत्रण में सारथी की भूमिका निभा सकते हैं उन्होंने कहा कि जनता का साथ मिलेगा तो हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकता है ओपन जिम देहरादून के गांधी पार्क में ओपन जिम शुरू हो गया है नगर निगम द्वारा निर्मित ओपन जिम का लोकार्पण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किया उन्होंने निर्देश दिये कि नगर निगम के सभी वार्डों में इस तरह के ओपन जिम बनाएं जाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में खुले मैदानों और पार्कों की कमी है इस तरह के जिम बनने से दूनवासियों को काफी सुविधा मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात की सम्भावना पर भी विचार किया जाएगा कि सप्ताह में किसी एक दिन चार घंटे के लिए घंटाघर से गांधी पार्क तक जीरो जोन रहे इस दौरान बच्चों और युवाओं के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी जिससे क्रिएटिवीटी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को गांधी पार्क में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिये

बड़ा अखाड़ा उदासीन ने इसकी शुरुआत हरकी पैड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ की अखाड़े के वरिष्ठ संतों ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर आरती की गंगा पूजा के दौरान बड़ी संख्या में अखाड़े के संत और महंतों के साथ ही कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और कुम्भ मेला और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे अखाड़े के श्रीमहंत महेश्वरानंद का कहना है की अखाड़े द्वारा गंगा प्रजन के साथ ही कुम्भ कार्य की शुरुवात कर दी गई है मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि महाकुंभ को लेकर तैयारिया युद्ध स्तर पर जारी है

कुंभ मेला क्षेत्र में स्थाई निर्माण के कार्य चल रहे हैं

देहरादून में कण्व आश्रम गुरुकूल के कुलपति डॉक्टर विश्व जयंत योगिराज ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के प्रत्येक देश में योग को पहुंचाया है इस दौरान जामिया तिब्बिया युनानी मेडिकल कॉलेज देवबंद के प्रोफेसर डॉ मोहम्मद यूनुस कासमी ने कहा कि योग का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए जरूरी है इसका विरोध करने वाले कुंठित मानसिकता से ग्रसित हैं उन्होंने कहा कि कोटद्वार शिविर में योगासन औप नमाज दोनों ही किया जाएगा

खेल महोत्सव चंपावत चम्पावत जिले के टनकपुर में तीन दिवसीय स्वास्थ्य और खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर से आये योगाचार्य शिरकत कर रहे हैं इस आयोजन का उद्देश्य ऋषिकेश की तर्ज पर टनकपुर को भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा के स्थल के रूप में विकसित करना है साथ ही कार्यक्रम के जरिए जिले की जनता को प्राकृतिक चिकित्सा और योग से परिचित कराया जा रहा है इस दौरान प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा शिविर के माध्यम से लोगों को निशुल्क चिकित्सकीय लाभ भी दिया जा रहा है इस अवसर पर रन फॉर नेच्रोपैथी मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों से आये प्रतिभागियों ने भाग लिया किसानों को प्रशिक्षण बागेश्वर जिले के काफलीगैर के ध्राफाट क्षेत्र में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें जैविक खेती अपनाने के लिए जागरुक किया गया बौड़ी गांव में हुए कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गांवों से किसानों ने भागीदारी की किसानों को निशुल्क क्रषि यंत्र और दवाइयों का भी वितरण किया गया इसके अलावा किसानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए टॉल फ्री नंबरों की जानकारी दी गई कार्यक्रम में उन्नत खेती की तकनीक भी बताई गई

दूर दूर से लोग इस मेले में पहुंच रहे हैं मेले की चौथी सांस्कृतिक संध्या लोक गायिका प्रियंका महर और देश मेरा रंगीला के कलाकारों के नाम रही इस दौरान आयोजित बहु सांस्कृतिक फैशन शो में कलाकारों ने देश की विभिन्न राज्यों की वेशभूषा का प्रदर्शन किया लोक गायिका प्रियंका महर ने एक से बढ़कर एक गानों की प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया रविवार को मेले में वॉलीबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं भी शुरू हो गई

इसी के तहत जिलाधिकारी वीषणमुगम ने सभी उपजिलाधिकारयों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और समस्त तहसीलदारों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित किया है मतदाता सत्यापन और पुनरीक्षण कार्यक्रम को तिथिवार निर्धारित किया गया है